बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का लिया निर्णय

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में कोरोना संक्रमण का तेजी से फैलाव हो रहा है और संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है पिछले चौबीस घंटों में छह हजार एक सौ तैंतीस कोरोना के नये मामलों की पुष्टि हुई है यह अब तक की रिकार्ड संख्या है पटना में सर्वाधिक दो हजार एक सौ पांच नये मरीजों की पुष्टि हुई है वहीं भागलपुर में छह सौ एक गया में चार सौ इकतीस मुजफ्फरपुर में दो सौ पैंसठ बेगूसराय में एक सौ चौहत्तर सहरसा में एक सौ इकहत्त्र औरंगाबद में एक सौ पैंसठ पश्चिमी चंपारण में एक सौ तैंतालीस नये मामलों की पहचान हुई है अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या उनतीस हजार अठहत्तर हो गई है उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर में कमी आ रही है और यह नवासी दशमलव सात पांच प्रतिशत पर आ गई है दो लाख सत्तर हजार पांच सौ पचास लोग अब तक उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं इस महामारी से राज्य में अब तक एक हजार छह सौ पचहत्तर लोगों की मौत हुई है पिछले चौबीस घंटों में एक लाख एक हजार दो सौ छत्तीस कोरोना के नमूनों की जांच की गयी है इस प्रकार अब तक प्रदेश में दो करोड़ उनचास लाख चौवालीस हजार आठ सौ छिहत्तर नमूनों की जांच की जा चुकी है राज्य में कल एक लाख बत्तीस हजार चार सौ छब्बीस लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई अब तक बावन लाख चौसठ हजार दो सौ दस लोगों को टीका लगाया जा चुका है इधर महामारी को देखते हुए भाजपा और जनता दल यूनाईटेड के पार्टी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना जांच और अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के लिए बेडों की संख्या बढ़ायी जा रही है उन्होंने कहा कि बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का भी निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट है इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गंभीर होती स्थिति और इसकी रोकथाम को लेकर राज्यपाल फागू चौहान ने कल सर्वदलीय बैठक बुलायी है इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से किये गये इंतजाम और आगे की रणनीति पर विचार किया जायेगा रूस में भारत के राजदूत बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी इस माह भारत को मिल जाएगी श्री वेंकटेश ने कहा कि भारत में वैक्सीन उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और इसके प्रतिमाह पांच करोड़ डोज से अधिक हो जाने की संभावना है भारत में रूस के उप दूत रोमान बाबुश्किन ने कहा था कि भारत द्वारा स्पुतनिक वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति से विशेष साझेदारी का नया आयाम खुलेगा रूसी वैक्सीन को अनुमति मिल जाने से भारत में कोविड के उपचार के लिए तीसरा टीका उपलब्ध हो गया है देश में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ रही है जिससे कई राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में मरीजों की संख्या भी बढ गई है संक्रमण से स्वस्थ होने की दर घटकर अट्ठासी दशमलव तीन एक प्रतिशत रह गई है पिछले चौबीस घंटों में देश भर में रिकार्ड दो लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या एक करोड चालीस लाख से अधिक हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस समय चौदह लाख इकहत्तर हजार से अधिक कोविड मरीज उपचार करा रहे हैं जो कुल संक्रमित लोगों का दस दशमलव चार पांच प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों में देश भर में इस महामारी से एक हजार अड़तीस मौत भी हुई हैं अब तक इस बीमारी से एक लाख तिहत्तर हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है पिछले चौबीस घंटों में तिरानवे हजार मरीज स्वस्थ हुए अब तक एक करोड चौबीस लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं देश में अब तक ग्यारह करोड़ सत्तर लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटे में छब्बीस लाख दो हजार लाभार्थियों को टीके लगाए गए इनमें से बीस लाख से अधिक लाभार्थियों को टीके की पहली डोज और पांच लाख बयालीस हजार से अधिक लाभार्थियों को टीके की दूसरी डोज दी गई भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् आईसीएमआर के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि चाहे कोरोना का पुराना रूप हो या नया यह एक ही तरह से फैलता है

तो फैलने का तारीका एक ही है मतलब छीखते समय खांसी के समय बात करते समय ओ जो जल बिन्दु जो लिकालते है संक्रमित व्यक्ति से और दुसरे व्यक्ति की तरफ फैल जाते हैं क्योंकि उसी का अंदर ओ कोस और वायरस पाये जाते हैं देश में चिकित्सा में उपयोग होने वाली ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने कहा है कि इसका पर्याप्त स्टाक उपलब्ध कराया जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस समय देश में ऑक्सीजन का भंडार पचास हजार मीट्रिक टन से अधिक है मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश की दैनिक ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता सात हजार मीट्रिक टन से अधिक है इसमें बढ़ोतरी भी की गयी है

इस संबंध में अधिकार प्राप्त समूह ने भी चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्यता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस्पात संयंत्रों के पास उपलब्ध अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग भी आवश्यकतानुसार किया जा रहा है राज्यों से कहा गया है किवे नियंत्रण कक्ष स्थापित करें ताकि जिलों को ऑक्सीजन की सुचारु रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके

राज्य सरकार ने विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक टीम गठित की है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत के बाद सरकार ने कई कदम उठाये हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति और वितरण के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है पटना जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आपूर्तिकर्ता और अस्पताल प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये जिलाधिकारी ने आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को कुल उत्पादन का नब्बे प्रतिशत ऑक्सीजन अस्पतालों को देने को कहा है केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ड्राइविंग लाईसेंस फिटनेस प्रमाण पत्र वाहनों का निबंधन और परमिट जैसे दस्तावेजों की वैधता आगामी तीस जून तक के लिए बढ़ा दी है मंत्रालय के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार जिला परिवहन पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज क्मार ने कहा है कि सभी जिला और अन्मंडलीय अस्पतालों में फ्लू कॉनर्र बनाये जायेंगे उन्होंने कहा कि फ्लू कॉनर्र में डॉक्टरों की टीम बैठेगी जो अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों की थर्मल स्क्रीनिंग करेगी इसके बाद मरीजों को संबंधित डॉक्टर के पास भेजा जायेगा कोविड उन्नीस की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत सभी केंद्र संरक्षित स्मारकों स्थलों और संग्रहालयों को तुरंत बंद करने का निर्णय लिया है संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि ये स्मारक पन्द्रह मई तक बंद रहेंगे इधर राज्य सरकार ने राजगीर में नेचर सफारी को अगले आदेश तक बंद कर दिया है यहां पर्यटकों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है केंद्र सरकार ने राज्यों से लोगों द्वारा घबराहट में आवश्यक जरूरत की वस्तुओं की खरीद की चिंता दूर करने के लिए प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है सभी राज्यों के प्रधान सचिवों को लिखे पत्र में उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य सामग्री की कालाबाजारी को रोकने के लिए निगरानी दल गठित करने का निर्देश दिया है राज्यों से कहा गया है कि वे किराने की दुकानों दवा की द्कानों और किराने के भंडारों को पाबंदियों से अलग रखें ताकि कोविड उन्नीस की मौजूदा स्थिति में आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके केन्द्र सरकार ने कोविड के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी परीक्षा दो हजार इक्कीस को स्थगित कर दिया है परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा स्थिति की समीक्षा के बाद की जायेगी यह परीक्षा अठारह अप्रैल को होनी थी इधर प्रदेश में नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने भी अपनी सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है इसके साथ ही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने अपने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में तापमान में बढ़ोतरी जारी है कई इलाकों में लू चल रही है कल सबसे अधिक बयालीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस तापमान बक्सर में दर्ज किया गया जबकि औरंगाबाद का अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव आठ और भोजपुर का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहा आज भी यही स्थिति रहने की संभावना है उधर कई इलाकों में पूरबा हवा चलने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गयी मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती सिस्टम की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में अगले अड़तालीस घंटों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की अत्यधिक बढ़ोतरी से संबंधित खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने इस बढ़ोतरी को कोरोना विस्फोट की संज्ञा देते हुए लिखा है बिहार में एक दिन में बाईस फीसदी मरीज बढ़े दैनिक जागरण ने पंचायत चुनाव को लेकर उत्पन्न गतिरोध समाप्त होने से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी में जुटा आयोग दैनिक भास्कर ने नमामि गंगे और अन्य योजनाओं के तहत तोड़ी गयीं सड़कों को लेकर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की चेतावनी को सुर्खी बनाते हए लिखा है पटना में खोदी गयी सड़कों को एक महीने में द्रूस्त नहीं किया तो कार्रवाई प्रभात खबर ने सरकारी बसों से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है दो सौ बसों का खरीद करेगा परिवहन विभाग आज अखबार की सुर्खी है नहाय खाय के साथ चैती छठ आज से राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है मुम्बई सेंट्रल व अहमदाबाद से समस्तीपुर के लिए चलायी जायेगीं स्पेशल ट्रेनें और अब अंत में मुख्य समाचार राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि

बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का लिया निर्णय